प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को एक लीटर डीजल की खरीद पर चालीस रुपये की जगह अब पचास रुपये का अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में दस विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रदेश में इस बार अड़तालीस प्रतिशत कम बारिश हुई है जिसे देखते हुए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है श्री कुमार ने बताया कि पानी की कमी को देखते हुए सरकार वैकल्पिक खेती पर भी विचार कर रही है उन्होंने कहा कि धान की जगह वैकल्पिक फसलों के बीजों को अठाईस जुलाई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में पहुंचाने का निर्देश दिया गया है श्री कुमार ने बताया कि पटवन के लिए बिजली के शुल्क में भी कमी की गई है उन्होंने कहा कि किसानों को अब छियानवे पैसे प्रति यूनिट की जगह पचहत्तर पैसे प्रति यूनिट बिजली का शुल्क देना होगा वहीं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पटवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अठारह से बीस घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का आदेश बिजली वितरण कंपनियों को दिया गया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में खराब ट्रांसफार्मरों को अडतालीस घंटे में बदल दिया जायेगा सूखे से उत्पन्न स्थिति पर अगली समीक्षा बैठक इकतीस जुलाई को होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार सूखे की संभावित स्थिति से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री कुमार ने आज रोहतास में कहा कि अगले माह की सोलह तारीख से राज्य के हर जिले में कैम्प लगा कर किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी पंचायतों में कृषि विभाग का कार्यालय खोला जाएगा जहां से किसानों को हर तरह की सुविधा और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी उपमुख्यमंत्री ओर जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीएसटी कौंसिल ने एक मुश्त सौ से ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दरों में भारी कटौती की है श्री मोदी ने कहा कि उपभोक्ताओं को घटी हुई दर का फायदा एक सप्ताह के अंदर मिलने लगेगा उन्होंने कहा कि पांच करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने में बड़ी राहत दी गयी है श्री मोदी ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों की समस्याओं पर चार अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी कौंसिल की विशेष बैठक में विचार किया जाएगा भारतीय उद्योग जगत ने पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार के लिए तिमाही रिटर्न भरने के जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है अभी तक डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार को तिमाही रिटर्न भरने की अनुमति थी अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने एक बयान में कहा है कि यह एक साहसिक कदम है और इससे छोटे कारोबारियों की मुश्किलें आसान होगी कल जीएसटी परिषद में पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार के लिए तिमाही रिटर्न भरने की अनुमति देने का फैसला किया था इससे जीएसटी में पंजीकृत तकरीबन तिरानवे प्रतिशत कारोबारियों को फायदा होगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण और शहरी महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है श्री जावड़ेकर ने आज पुणे में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि इस योजना के तहत दस करोड़ से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का और विस्तार किया जाएगा राजधानी पटना समेत राज्यभर में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने से तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इससे अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं औरंगाबाद जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान औरंगाबाद जिले के रफीगंज दाऊदनगर देव और पलमेरगंज में सात से आठ सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं भगुआ जिले के मोहनिया कुदरा में पांच पांच सेंटीमीटर और गया जिले के शेरघाटी में चार सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया है कि वह देश में खासतौर पर स्कूली बच्चों में फैलती मादक पदार्थों की लत को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना सात सितंबर से पहले तैयार करे प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार और एम्स को कार्यनीति तैयार करने के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों से समाज के सबसे गरीब तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नायड् ने कहा कि जन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्ररी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है श्री नायड् ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए सुशासन जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह छियालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार और सुझाव देने को कहा है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकार्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजा जा सकता है गृह मंत्रालय ने दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए पांच हजार दुष्कर्म जांच किट्स खरीदे हैं जिन्हें यौन प्रताड़ना संबंधी मामलों की शीघ्रता से जांच के लिए देश भर के पूलिस थानों को उपलब्ध कराया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इस तरह के किट पुलिस थानों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पिछले हफ्ते राज्यों से दुष्कर्म जांच किट्स खरीदने और उन्हें पुलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है इसके लिए मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के सचिव रिजवानुर रहमान ने बताया कि इस साल योजना का बजट बढ़ाकर नब्बे करोड़ रूपये कर दिया गया है इस योजना के तहत नौवीं और दसवीं की स्कूली छात्राओं को प्रतिवर्ष पांच हजार रूपये और ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्राओं को छह हजार रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है पूर्व मध्य रेल ने श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से देवघर के बीच एक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है गोरखपुर से देवघर के बीच इस विशेष ट्रेन का परिचालन सताईस जुलाई से पच्चीस अगस्त के बीच किया जाएगा वहीं देवघर से गोरखपुर के बीच ये विशेष ट्रेन अठाईस जुलाई से छब्बीस अगस्त के बीच चलाई जाएगी वैशाली अररिया और सुपौल जिले में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर चौक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से पुलिस ने एक सौ उनहत्तर कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं अररीया जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के खैसरैल से पुलिस ने छापेमारी कर चौसठ बोतल नेपाली शराब बरामद किया है इधर सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र के महुआ गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से साढ़े चार हजार बोतल नेपाली शराब बरामद किया है